उच्चतम न्यायालय ने नीट की परीक्षा एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को कराने का दिया आदेश एक करोड़ रूपये के गबन के आरोपी को ऑपरेटिव बैंक के प्रर्व प्रबंधक को पुलिस ने चाईबासा में किया गिरफ्तार जल संग्रहण अधिक होने के कारण रामगढ जिले के पतरातु डैम का फाटक आज खोला गया लोगों को जल ग्रहण क्षेत्र में न जाने की दी गयी सलाह राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर तेईस हजार नौ सौ छत्तीस हो गयी है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में छह सौ छप्पन कोरोना संक्रमित नये मरीज मिले हैं वहीं कोरोना से संक्रमित सत्रह मरीजों की मृत्यु हई है सबसे अधिक धनबाद से एक सौ नब्बे रांची से एक सौ तेरह औरं पूर्वी सिंहभूम जिले से तिरासी कोरोना संकमित मरीज मिले हैं रांची जिले में कल कोरोना की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा इस अभियान के तहत जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीस केन्द्रों पर लोगों की कोरोना जांच की जाएगी

उधर देश में अब तक कृल तीन करोड़ कोविड परीक्षण करने का नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में आसानी से परीक्षण कराने के लिए प्रयोगशालाओं और सुविधाओं के विशाल नेटवर्क से स्वास्थ्य जांच में जबरदस्त तेजी आयी है

राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेइइ की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक सितम्बर से छह सितम्बर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा तेरह सितम्बर को आयोजित करायी जाएगी उच्चतम न्यादयालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हए कहा कि छात्रों के भविष्य को बहुत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

श्री मोदी ने लोगों को आगामी मन की बात कार्यक्रम में अपने सुझाव और विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है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

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने भारतीय जनसंचार संस्थान आईआईएमसी को राज्य के विश्वाविद्यालयों में जनसंचार के क्षेत्र में नेटवर्क और सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनाने को कहा है जिससे संचार के क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी को लागू किया जा सके

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति सीखने फिर से सीखने महत्वपूर्ण सोच विकसित करने अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ साथ छात्रों को रोजगारपरक बनाने पर केंद्रित है उन्होंने कहा कि इस नीति से स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में बदलाव किया जा सकता है सूचना सचिव ने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा देती है सिमडेगा जिले में कोरोना संकमितों की संख्या बढ़कर आठ सौ छह हो गयी है जिनमें पांच सौ चौहत्तर लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं

पुलिस ने गुलशन को चाईबासा के गितिलपी स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है

कॉपरेटिव बैंक के वरीय अधिकारियों ने जांच के बाद गबन की पुष्टि कर प्राथमिकी दर्ज करायी थी रामगढ़ जिले के पतरातू डैम के जलस्तर में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के बाद डैम का फाटक आज खोल दिया गया अपर समाहर्ता जुगनू मिंज और जिले के अन्य अधिकारियों के साथ पीटीपीएस के अधिकारी भी इस मौके पर उपस्थित थे

पतरातू के आसपास के क्षेत्रो में दो दिनों तक हुई लगातार बारिश के बाद पतरातू डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद पीटीपीएस प्रबंधन ने जिला प्रशासन को सूचित करते हुए स्थानीय स्तर पर अलर्ट जारी कर कहा है कि फिलहाल डैम के फाटक और नलकारी नदी समेत दामोदर नदी और इससे जुड़े अन्य जगहों पर ना जाएं अपने मवेशियों को भी जाने से रोकें चतरा जिले में पुलिस ने एक सप्ताह पहले हए माइक्रो फाइनेंस कंपनी के मैनेजर सुधीर कुमार हत्याकांड मामले में छह लोगों को घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तार किया है

जांच के दौरान एसआईटी की टीम ने घटना में शामिल हत्यारों को घटना में प्रयुक्त देशी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है श्री झा ने बताया कि गिरफ्तार छह में से दो हत्यारों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है यह दोनों पहले प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के सदस्य रह चुके हैं और नक्सली मामले में ही जेल भी भेजे गए थे इनके पास से लूट के पंद्रह हजार रुपया नकद समेत घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया है संक्षिप्त खबरें ग्मला जिले में पुलिस ने बसिया थानाक्षेत्र के उग्रवाद प्रभावित गांव में दौरा कर ग्रामीणों से मुलाकात की इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने ग्रामीण युवाओं के बीच खेल सामग्रियों का वितरण किया और ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित किया इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने शहीद विजय सोरेंग के परिजनों से मिलकर उनकी समस्याओं का निराकरण कराने का भरोसा दिलाया

जिले के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बैठक के बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले में स्थित सभी औद्योगिक इकाईयों का स्वतंत्र एजेंसी से मूल्यांकन कराकर यह पता लगायें कि वे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या नहीं

उन्होंने राष्ट्रीय शहीद स्थल की देखरेख का जिम्मा आदिवासी हो समाज महासभा की स्थानीय कमिटी को सौंपने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया

पहली घटना में एक महिला की हत्या अंधविश्वास के कारण कर दी गयी इस घटना के बारे में खोरी महुआ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवीन कुमार सिंह ने बताया कि वे इस मामले की जांच कर रहे हैं वहीं दूसरी घटना बेंगाबाद थाना के रंगामाटी गांव की है जहां खेत से चालीस वर्षीय एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है

रांची के हिंदपीढ़ी निवासी दो युवक अपने दोस्तों के साथ घूमने गये थे इसी दौरान नदी में नहाने के कम में ये डूब गये थे रामगढ़ जिले में तेज बारिश के साथ हुई वजपात की घटना में छह लोग घायल हो गये

घायलों का इलाज पतरातू अस्पताल में कराया जा रहा है गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को रिम्स रेफर किया गया है

पुलिस ने हथियार के बल पर वाहन लूट की घटना की जांच के दौरान कोलकाता और बिहार र्क छपरा से लोगों को गिरफ्तार किया है और लुटी हुई गाड़ी को भी बरामद किया है